कुछ स्थानों पर परिणाम भी आ गए है

हरियाणा के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नये कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के मान गुर्ट के गुनी प्रकाश ने किया श्री प्रकाश ने कल नई दिल्ली में श्री तोमर को समर्थन पत्र सौंपा और नये कानूनों को जारी रखने की मांग की श्री गुनी प्रकाश ने कहा कि मौजूदा आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन नहीं है बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री तोमर ने बताया किसान नेताओं ने नये कानूनों को समर्थन देने के बारे में ज्ञापन सौंपा है उधर केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नये कृषि कानूनों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों के लिए व्यापार वाणिज्य और कारोबार के नये अवसर खुलेंगे

दल ने आज फिर अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन में कार्यरत डॉक्टरों के साथ बैठक कर रहे है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ के निक्म सड़क हादसे के मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है एक ट्वीट में उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों की जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है

राष्ट्र आज संसद भवन पर आतंकी हमले के शहीदों को श्रंद्वाजलि अर्पित कर रहा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमले को विफल करने में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है

प्रदेश में ठंडी हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है